इस परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास क्रियान्वयन मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है

उन्होंने कहा कि स्टार्स परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जायेगा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी छह राज्यों हिमाचल राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक का एसीस्टेंट कार्यक्रम चलेगा सिनेमा हॉल केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार आज से लागू की जाने वाली अनलॉक रियायतें फिलहाल प्रदेश में श्रू नहीं हो पाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के क्वारंटीन होने के चलते केबिनेट बैठक नहीं हो पा रही है जिससे एसओपी को अंतिम रूप नहीं मिल पाया है इस बीच देश में आज से सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल जायेंगे लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थियेटरों सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा

सभी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कडाई से पालन किया जाना जरूरी होगा

कांगड़ा के सहायक उपायुक्त मदन क्मार ने ग्राम पंचायत कोहाला कच्छयारी खोली और घ्रकड़ी के लोगों से अपील की है कि इस दौरान फायरिंग रेंज में न जाएं और अपने पालतू पश्ओं को भी इससे दूर रखें ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि से बचा जा सके अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना और अंतराज्यीय बस सेवा शुरू करने की खबर को प्रमुखता दी है

अजीत समाचार के शब्द हैं लंबे समय बाद आईएसबीटी से शुरू हुई अंतर्राज्यीय बस सेवा कोरोना पर पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार कोरोना पॉजीटिव

हाईकोर्ट के फैसले को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है प्रमाण पत्र जारी करने बारे सरल प्रकिया अपनाने के आदेश दैनिक भास्कर का कहना है हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रकिया सरल बनाने के सरकार को दिए आदेश हिमाचल दस्तक ने लिखा है हिमाचल हाईकोर्ट ने सरल की बोनाफाइड प्रमाण पत्र की प्रकिया उद्योग विभाग ने पूछा क्यों बढ़ाया सीमेंट का दाम दैनिक जागरण की एक खबर है